हरियाणा में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान सफल रहा प्रदेश में लिंगान्पात में अकल्पनीय सुधार दर्ज हुआ

सिरसा प्लिस ने गांव जलालआणा से पांच लोगों को साढ़े छ किलो अफीम और नकदी के साथ गिरफ्तार किया

मंत्रिमंडल ने आयोग के विचार किये गये जा हरे विषयों को भी मंजूरी दी है जिसमे ओबीसी की केन्द्रीय स्ची में विभिन्न प्रवृष्टियों का अध्ययन करना किसी भी तक की लेखन त्रुटियों अस्पष्टता दोहराव जैसी गलतियों को दुरूस्त करने का सुझाव है

एक प्रश्न का उत्तर देते हये श्री जावड़ेकर ने कहा कि नागरिकता संशोधन कानून किसी की नागरिकता नहीं छीनेगा उन्होंने कहा कि ये कानून तीन देशों के प्रताडित अलप्रसंख्यकों को नागरिकता देने के बारे में है आर्थिकता पर मंत्री ने कहा कि बुनियाद मजबूत है और विश्व अर्थव्वस्था संघर्ष के दौर से ग्जर रही है हरियाणा ने लड़कियों को बचाने और उन्हें शिक्षित करने के लिए प्रदेश में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की सफलता के लिए व्यापक कदम उठाये है यह जानकारी देते हये एक सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि इसके परिणाम स्वरूप प्रदेश में लड़कियों का लिंगान्पात बढ़ा है उन्होंने बताया कि लड़कियों के लिए उच्च शिक्षा स्निश्चित करने के लिए सिरसा पलवल हिसार नूहं में कई डिग्री कालेज खोले है

हरियाणा की महिला व बाल विकास मंत्री श्रीमती कमलेश ांडा इस मौके पर म्ख्य अतिथि के तौर पर शिरकत करेगी

राष्ट्रपति राम नाथ कोविंद ने आज राष्ट्रपति भवन में प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल प्रस्कार प्रदान किये बाल प्रस्कार हर साल सरकार की ओर से विभिन्न क्षेत्रों में बच्चों की उल्लेखनीय उपलब्धियों के लिए दिया जाता है ये प्रस्कार नवाचार समाज सेवा कल और संस्कृति खेल और वीरता के क्षेत्रों में दिये जाते है हमारे संवाददाता ने बताया कि राष्ट्रीय वीरता प्रस्कार के लिए च्ने गये बच्चों ने राष्ट्रपति से पुरस्कार प्रापत्त किये

नई दिल्ली में राजपथ पर होने वाली इस परेड़ में विभिन्न विभागों व मंत्रालयों की क्छ झांकियां का थीम स्टार्ट अप इंडिया जल जीवन मिशन और आर्थिक समेकन होगा

यम्नानगर के जगाधरी शहर में पल्स पोलियों अभियान की टीम पर हमला करने के आरोप में जगाधरी प्लिस ने सात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है हमारे संवाददाता ने बताया है कि टीम को ले जाने वाले कार चालक हरनौली निवासी गोबिंद राम शर्मा ने जगाधरी थाना शहर पुलिस को शिकायत दी थी उसने रिंक् प्रधान काका मनू उनके चार साथियों पर हमला करते हये नकदी छीनने का भी आरोप लगाया है प्लिस ने आरोपयिों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच श्रू कर दी है

जिले के वरिष्ठ प्लिस अधीक्षक डा अरूण सिंह ने बताया कि पकड़े गये लोगों की पहचान राजस्थान के तेजपाल सोनू गौर शंकर मध्य प्रदेश के कन्हैया और कालांवाली के स्खपाल के रूप में हई है उनहोंने बताया कि प्लिस ने ये कार्रवाई विशेष जांच के दौरान की आरोपियों के खिलाफ मादम पदार्थ अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है ग्वाहाटी में चल रही खेलो इंडिया य्वा खेल आज सम्पन्न हो गये

असम कोई भी गोल नहीं कर सका

इससे पहले वह ऐशियाई खेलों में भी जीत दर्ज कर च्की है खेलो इंडिया प्रतियोगिता में अंबाला के ही प्रतियोगी साहिल यादव ने जिमनास्टिक में सिल्वर पदक प्राप्त किया है

इसके मददेनज़र अम्बाला छावनी रेलवे स्टेशन पर इन दिनों विशेष जांच अभियान भी चलाया जा रहा है प्रत्येक आने जाने पर जनरल रेलवे प्लिस और रिजर्व प्लिस बल के जवान नज़र रखे हये है सीसीटीवी कैमरों से भी लोगों पर नज़र रखी जा रही है अम्बाला छावनी रेलवे क पूलिस उपाधिक्षक अनिल कुमार ने बतायाकि रेलवे कमांडो की टीम भी यात्रियों की स्रक्षा में ज्टी हड् है

उच्चतम न्यायालय ने ऐतिहासिक व्यवस्था देते हये कहा कि अब समय आ गया है कि संसद को फिर से सोचना होगा कि किसी सदस्य को अयोग्य ठहराने की याचिकाओं पर फैसले का अधिकार अध्यक्ष को अर्दव न्यायिक अथारिटी के तौर पर दिया जाना चाहिए जबकि अध्यक्ष एक विशेष राजनीतिक पार्टी से सम्बध रखता है